उच्चतम न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगायी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार पूर्वी भारत में चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर संरचना बनाने के लिए कृतसंकल्प है श्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज कहा कि केन्द्र सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को पूर्वी भारत के चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करेगी उन्होंने कहा कि इस केन्द्र में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जायेगी बाईट पीएम मोदी बनारस पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का भरसक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता इक्कीसवीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप हो ट्रांसपोर्ट हो मेडिकल सुविधाएं हो शिक्षा सुविधाएं हो सभी का विकास किया जा रहा है श्री मोदी ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक उच्चस्तरीय नेत्र विज्ञान केन्द्र की आधारशिला भी रखी उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच के लिए सीबीआई की नई जांच टीम के गठन पर रोक लगा दी है उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि नई जांच टीम गठित करने का कोई औचित्य नहीं है न्यायालय ने कहा कि इस मामले की जांच सही दिशा में चल रही है इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जांच के संबंध में मीडिया कवरेज को लेकर बीस सितम्बर को दिशा निर्देश जारी किया जायेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आधार सिडिंग से केन्द्र और राज्य सरकारों को नब्बे हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है श्री मोदी पटना में आधार प्रमाणीकरण सेवा की शुरूआत के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आधार सिडिंग और प्रमाणीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नौ लाख छियालीस हजार संदेहास्पद राशन कार्ड में से लगभग दो लाख रद्द किये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि राज्य में दस करोड़ सत्रह लाख लोगों का आधार कार्ड बन चुका है राज्य में आठ करोड़ उन्नीस लाख बैंक खातों में से चार करोड़ चौरासी लाख का आधार प्रमाणीकरण किया जा चुका है जबकि पांच करोड़ तेरह लाख बैंक खाते मोबाइल नम्बर से जोड़े जा चुके हैं विधान पार्षद और पूर्व मंत्री मदन मोहन झा को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कौकब कादरी डॉक्टर अशोक कुमार समीर कुमार सिंह और श्याम सुंदर धीरज को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है वहीं राज्य सभा सदस्य और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का नये सिरे से गठन करते हुए इसमें तेईस लोगों को शामिल किया गया है इसके अलावा एडवाइजरी कमिटी में उन्नीस लोगों को सदस्य बनाया गया है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसी दिल्ली दौरे में सीट बंटवारे की बात तय हो जायेगी श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगाने दिल्ली गये हैं और भाजपा नेताओं से बातचीत कर सबकुछ फाईनल हो जायेगा नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के लबरपुरा गांव में चोर होने के आरोप में आक्रोशित लोगों ने एक व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी जानकारी के अनुसार भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद स्थानीय अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है भोजपुर जिले के कोईलवर में शराब माफिया ने कम मछली दिये जाने पर एक मछुआरे को खौलते पानी से नहलाकर हत्या कर दी बताया जा रहा है कि मछली कम देने पर मछुआरे को माफिया ने बंधक बना लिया और उसकी हत्या कर लाश पानी में फेंक दिया जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग काम के कारण बीस से उनतीस सितम्बर तक कोई भी ट्रेन जमालपुर नहीं जायेगी पूर्व रेलवे की डीआरएम तनु चन्द्रा ने बताया कि इस दौरान पांच जोड़ी ट्रेने रद्द रहेंगी सत्रह जोड़ी ट्रेनों का परिचालन मुंगेर कटिहार बरौनी किऊल आसनसोल बड़हरवा और पटना के रास्ते किया जायेगा वहीं सात जोड़ी ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेटेड किया गया है जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस भागलपुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी मालदा पटना एक्सप्रेस हावड़ा गया एक्सप्रेस और जमालपुर सहरसा फास्ट पैसेंजर ट्रेने शामिल हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह ने आज पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलायी न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव न्यायमूर्ति बीके सिन्हा न्यायमूर्ति संजय प्रिय और न्यायमूर्ति एस कुमार ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली उच्चतम न्यायालय ने तीन दवाओं सेरीडॉन पिरिटॉन और डार्ट पर केंद्र सरकार की ओर से लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है फिलहाल इन दवाओं की बिक्री की जा सकेगी न्यायालय ने यह आदेश दवा निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है ये तीनों दवाएं तीन सौ अट्ठाईस दवाओं की उस सूची में शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्रतिबंधित कर दिया था उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सेस के रूप में जमा एक हजार दो सौ करोड़ रुपये श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे श्री मोदी ने कहा कि बिहार के दस लाख मजदूर कल्याण बोर्ड से निबंधित हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि सेस की यह राशि कार्ययोजना बनाकर खर्च की जायेगी श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक मजदूरों को अप्रेंटिस योजना के तहत व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के चलते गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली आयी है अब ग्रहणियों को चूल्हे चौके के काम में भारी परेशानी नहीं होती

एक अन्य लाभार्थी ने बताया कि रसोई गैस पर खाना बनने से परिवार के लिए काफी समय मिल पाता है और बच्चों की पढाई लिखाई पर ध्यान देने में भी मदद मिलती है

उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को रसोई गैस की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान होने से भुगतान में पारदर्शिता आयी है इससे ग्राहकों को सुविधा हो रही है आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से रामप्रकाश गुप्ता पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समस्तीपुर मंडल में आज बायोडीजल आधारित ईंजन का परिचालन परीक्षण के तौर पर किया गया पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एल सी त्रिवेदी ने ईंजन को रवाना किया उन्होंने कहा कि बायोडीजल के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आयेगी और प्रद्रषण भी घटेगा

बेगूसराय जिले की एक स्थानीय अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में चार महिलाओं को छह छह साल के कारावास की सजा सुनायी है दोषियों ने फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो गांव में पीट पीटकर गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी सीतामढ़ी जिले में आज से तीन दिवसीय राज्यस्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता की शुरूआत हुई प्रतियोगिता में सत्रह वर्ष और उन्नीस वर्ष आयु वर्ग के सत्रह जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं सारण जिले के विभिन्न इलाकों से पुलिस ने कुख्यात धर्मेन्द्र नट समेत दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है शेखुपरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के भोजडीह गांव में तालाब में डूबने से एक बालक की मौत हो गयी बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के अमरौर गांव के पास सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गयी

उच्चतम न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगायी